प्रदेश सरकार ने सदन में करीब दस हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ अंठावन लाख रूपये का अनुप्रक बजट पेश किया कल होगी चर्चा

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय प्रस्कार से किया सम्मानित

उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने लंबित समस्याओं के निराकरण और स्थानीय जनता की सुविधा के अनुसार विकास कार्यो को बढ़ावा दिया जाएगा श्रीमती पटेल ने कहा कि आदिवासियों के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी और निर्दोष लोगों को राहत दिलाने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकृश लगाने के लिए सरकार सभी उपायों पर कार्य करेगी राज्यपाल ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के संचालकों और आर्थिक धोखाधड़ी में मुख्य भूमिका निभाने वाले आरोपियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जाएगी और चिटफंड कंपनियों में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले पीड़ितों को उनका पैसा वापस लौटाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश में गाय भैंस बकरी और अन्य पशुधन पर्याप्त संख्या में हैं जिनके सुचारू प्रबंधन संरक्षण और संवर्द्वन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पशुधन के रखरखाव के लिए विशिष्ठ गोठान बनाने की पहल करेगी साथ ही गाय के गोबर से गांव में खाद और गोबर गैस बनाने की योजना बनाई जाएगी

इसके अलावा किसानों की बाड़ियों को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में समुचित कदम उठाया जाएगा ताकि किसानों को उनके भोजन में पोषक तत्वों के अलावा अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो सके श्रीमती पटेल ने कहा कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल स्थानीय आवश्यकताओं और व्यापक रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार छोटी पूंजी वाली इकाईयों की स्थापना पर जोर देगी साथ ही आधुनिक तकनीक से युवाओं को जोड़ने की दिशा में कारगर पहल की जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की जाएगी राज्यपाल ने कहा कि सरकार एक ओर जहां प्रदेश में बिजली उत्पादन पारेषण और वितरण के सभी पहलुओं में सुधार की पहल करेगी वहीं सुधार का लाभ सुसंगत बिजली बिल के रूप में आम उपभोक्ताओं को मिलेगा उन्होंने कहा कि पत्रकारों वकीलों और डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा जिसके प्रारूप के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के स्वावलंबन सम्मान और सुरक्षा से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं की बारी बारी से समीक्षा करेगी विधानसभा अनुपूरक बजट नवगठित विधानसभा में आज राज्य सरकार ने करीब दस हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ अंठावन लाख रूपये का अनुपूरक बजट पेश किया यह राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है बजट पेश होने के बाद आसंदी ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी जिस कारण बजट पर कल चर्चा की जाएगी भाजपा घोषणा पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आम चुनावों का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बीस सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे सुचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को मीडिया समिति का प्रभारी बनाया गया है वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे सुषमा स्वराज चुनाव साहित्य प्रकाशित करने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के नेतृत्व में लाभार्थी संपर्क समिति गठित की गई है ड्राइविंग लाइसेंस आधार केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाएगी केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाएंगे श्री प्रसाद ने कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आधार से जुड जाने पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन वह अपनी बायोमेट्रिक जानकारी नहीं बदल पाएगा

इन अतिरिक्त सीटों पर दो हजार उन्नीस बीस के शैक्षणिक सत्र में दाखिले किए जाएंगे श्री जावडेकर ने एक वक्तव्य में कहा कि पहली बार ग्रामीण छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभावान ग्रामीण छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पाने के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे गौरतलब है कि नवोदय विद्यालय देश की एकमात्र ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां कक्षा छठवीं में दाखिले के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होती है लोकसभा पर्सनल लॉ विधेयक लोकसभा ने पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह पास कर दिया है इसमें कृष्ठ रोगियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है यह विधेयक कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए तलाक कानून अट्ठारह सौ उनहत्तर मुस्लिम विवाह कानून उन्नीस सौ उनतालीस को भंग करने तथा विशेष विवाह कानून उन्नीस सौ चौव्वन हिंदू विवाह अधिनियम उन्नीस सौ पचपन और हिंदू दत्तक ग्रहण तथा संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन में संशोधन के बारे में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जशपुर जिले की प्रेमलता चक्रेश दुर्ग जिले की मीना वर्मा और कोरबा जिले की पूनम बिझवार को आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार वितरण व्यवस्था टीकाकरण और अन्य सेवाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बच्चों तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की उन्होंने आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि साधनों के किसी भी दुरूपयोग की जानकारी उपलब्ध कराएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की तीन कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि इनकी उपलब्धि अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायक है माओवादी आगजनी बस्तर जिले में माओवादियों ने बीती शाम सड़क निर्माण कार्य में लगी वाहनों को आग लगा दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के मारडूम थाना क्षेत्र के मालेवाही इलाके में बारसूर से नारायणपुर तक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है बीती शाम बीस से पच्चीस की संख्या में पहंचे माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी तीन मिक्सर मशीन एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर में आग लगा दिया रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में पहले दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई ने तीन विकेट के नुकसान पर एक सौ अट्ठारह रन बना लिए हैं इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर छत्तीसगढ़ को बल्लेबाजी का अवसर दिया छत्तीसगढ़ की टीम मुंबई के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी और अपनी पहली पारी में एक सौ उनतीस रन बनाकर ढेर हो गई छत्तीसगढ़ की ओर से अमनदीप खरे ने सबसे अधिक अड़तालीस रन बनाए वहीं मुंबई की ओर से तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच और शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट चटकाए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने आज राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में आयोजित इस चार दिवसीय सेमिनार में विभिन्न देशों के करीब तीन सौ प्रतिभागी भाग ले रहे हैं जिसमें विदेशों के करीब पंद्रह रिसर्च स्कॉलर और वैज्ञानिक भी शामिल शामिल हैं इस सेमिनार में कुल सत्रह तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे सेमिनार का समापन दस जनवरी को होगा परिसंवाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जन्मशती के अवसर पर नौ जनवरी को रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में एक परिसंवाद का आयोजन किया जाएगा पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आऊटरीच ब्यूरो के सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस परिसंवाद का विषय है नौ जनवरी उन्नीस सौ पंद्रह को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी इस परिसंवाद को प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव साहसी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शुक्ला तथा पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आऊटरीच ब्यूरो रायपूर के अपर महानिदेशक सुदर्शन एस पनतोड़े संबोधित करेंगे संक्षिप्त समाचार भाजपा विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने शिवरतन शर्मा को विधायक दल का मुख्य सचेतक और भीमा मंडावी को सचेतक नियुक्त किया है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला और एच एल मनहर को पुलिस उप महानिरीक्षक का बैज लगाकर बधाई और शुभकामनाए दीं कोरबा पुलिस ने एटीएम के जरिये ठगी करने वाले चार सदस्यीय गिरोह को पकड़ा है